प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक पखवाड़े के इस अभियान का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री ने लोगों से इस आंदोलन का हिस्सा बनने और स्वच्छ भारत के प्रयासों को मजबूत करने का आह्वान किया है भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सिरमौर ज़िले के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के ददाहू में जल्द ही डिग्री कॉलेज खोला जाएगा शिमला में कल भाजपा नेता बलवीर सिंह के नेतृत्व में रेणुका निर्वाचन क्षेत्र के एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी

बलवीर सिंह और शिष्टमंडल में शामिल लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया विपिन परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश में उपमंडल स्तर के अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे धर्मशाला में कल एक बैठक में उन्होंने सामुदायिक व उपमंडल स्तर के अस्पतालों के चिकित्सकों से रोगियों को सामान्य बीमारी की स्थिति में बड़े अस्पतालों के लिए रैफर करने की बजाय उनका अपने स्तर पर सही तरीके से ईलाज करने का आग्रह किया

गौरतलब है कि इससे पहले गौवर्धन पूजा पर आठ नवम्बर को स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई थी और अब इस आदेश में बदलाव करते हुए ये अवकाश सायर उत्सव पर घोषित किया गया है

घायल व्यक्ति को खनेरी अस्पताल में भर्ती किया गया है जिला पुलिस अधीक्षक ओमाप्ति जंबाल ने बताया किये तीनों रामपुर के मंगारा गांव के रहने वाले हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सूबे की मुख्य सड़कें दस दिन में होंगी गड्ढा मुक्त

अजीत समाचार के मुताबिक मुख्यमंत्री ने दिए क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मुरम्मत के निर्देश जबकि आपका फैसला का कहना है सड़कों की खस्ता हालत पर सीएम ने लगाई अफसरों की क्लास दिव्य हिमाचल की एक खबर है शिक्षा विभाग ने दबाया छात्राओं से दुष्कर्म का मामला मानवाधिकार आयोग संज्ञान में लाया केस तो सकिय हुए शिक्षा सचिव नपेंगे कई अफसर इसी खबर पर दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है स्कूलों में बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म पर मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब पारदर्शी कोच से निहारिये देवभूमि का सौंदर्य शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर अगले माह से दौड़ेगा पारदर्शी कोच अमर उजाला स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के हवाले से लिखता है स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य के साथ नशे की भी जांच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में बदलाव करेगी सरकार इसी पत्र की एक अन्य खबर है सरकार के गले की फांस न बन जाए बस किराया वृद्धि मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है लगातार हो रही बारिश से गिरा तापमान रोहतांग और लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी पंजाब केसरी के शब्द हैं मणिमहेश व रोहतांग में हिमपात आपका फैसला की खबर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कियान्वयन में हिमाचल सर्वश्रेष्ठ अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय स्कूल में विद्यार्थी में लिखा है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयोग किए जा रहे हैं लेकिन इसका लाभ तभी है जब विद्यार्थी स्कूल तक पहुंचे दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में देश के प्रति हर नागरिक को अपने दायित्व का निर्वाह उचित ढंग से करने की सलाह दी है शीर्षक है अनुकरणीय छांव के आदर्श